स्भाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन अद्वारसौ सत्तानवे में ओडिसा के कटक में हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नेताजी स्भाष चंद्र बोस को श्रद्वांजलि अर्पित की नेताजी स्भाष चंद्र बोस की जयंती पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ग्लाम नबी आजाद ने नेताजी के चित्र पर प्ष्पाजंलि अर्पित की

राज्य भर में नेताजी स्भाष चंद्र बोस की एक सौ पच्चिसवी जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी को प्ष्पांजलि अर्पित करते हए देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया इधर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर लोगों ने राष्ट्रीय एकता और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए एकज्ट होकर काम करने का संकल्प लिया

दो दिवसीय इस बैठक में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के राज्यपाल तथा म्ख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं परिषद के आरंभिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश का विकास पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में निहित है इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने सुरक्षा संबंधी मामलों में सुधार किए जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य में कानून व्यवस्था और लोक कल्याण के मुद्दों को भी उठाया श्री मिश्रा ने द्र दराज के गावों और अन्य द्रसरे पहाड़ी इलाकों में सड़कों का निर्माण करने और अन्य विकास कार्य किए जाने की जरुरत पर बल देते हए कहा कि पिछले छह वर्षों में केंद्र सरकार दवारा इस क्षेत्र के लिए मदद दी गई है लेकिन भारत चीन सीमा पर ब्नियादी ढ़ांचे के विकास के लिए अभी बहत क्छ किए जाने की जरूरत है राज्यपाल ने पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय ग़हमंत्री अमित शाह और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर सहायता जारी रखने की अपील की

राज्यपाल ने कहा कि मेजर खाथिंग ने चौदह फरवरी उन्नीस सौ इक्यावन में तवांग में भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी तरीके से स्थापित किया उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग मेजर खाथिंग के योगदान को आज भी याद करते है इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांड़ और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा भी मौजूद थी राज्यपाल ने कल मेघालय के सबसे स्वच्छ गांव मावलिनोंग का दौरा कर ग्रामीणों से इस गांव को स्वच्छ बनाएं रखने और उनके दवारा चलाई जा रही सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली राज्यपाल ने पर्यटन और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उनकी मुहिम की सराहना की

प्रदेश भाजपा चीन को भारतीय क्षेत्र से वापस जाने और पड़ोसी देशों की संप्रभ्ता का सम्मान करने को कहा

हाल ही में नव निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्षों जिला परिषद सदस्यों सहित जिलों के विभागीय अधिकारियों के लिए इस शिविर का आयोजन किया जायेआ इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पेमा खांडू संबोधित करेंगे